प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर आगामी लोकसभा चूनाव में अपनी तय पराजय के लिए अभी से बहाने तलाश करने शूरू कर दिये हैं श्री मोदी आज महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है क्योंकि वे खुद भ्रष्टाचार में लगे हैं श्री मोदी ने कहा कि तूणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की रैली का एकमात्र उद्देश्य वंशवादी राजनीति का संरक्षण और पोषण करना था उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन सवा सौ करोड़ लोगों और उनकी आकांक्षाओं के साथ है श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना कहा कि जो पार्टी पंचायत चुनाव तक में बड़े पैमाने पर हिंसा करती रही हो वह अब देश में लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है सवणां के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के निर्णय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह फैसला लागू न हुआ होता तो विपक्षी दल इससे परेशान न होते श्री मोदी ने इन आरोपों को खारिज किया कि यह फसला चुनाव के मद्देनजर लिया गया है प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं की लगन और निरंतर परीश्रम की सराहना करते हुये कहा बाइट भाजपा के कार्यकर्ताओं का जज्बा ईमानदारी मेहनत और मजबूती के साथ खड़े रहने की ताकत चुनौती को ही चुनौती देने वाला मिजाज हिन्दुस्तान की राजनीति में भाजपा का सबसे बड़ा योगदान है अगर कोई मुझे पूछेगा तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है यह संगठन आधारित राजनीतिक आंदोलन है आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में कल से पन्द्रहवां तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है सम्मेलन में शामिल होने के लिये विभिन्न देशों से लगभग छह हजार प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है कल युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा तथा बाइस जनवरी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे तेइस जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका समापन करेंगे समापन अवसर पर भारतवासियों के उत्थान के लिये काम करने वाले और विभिन्न मंचों पर अपनी उल्लेखनीय सेवाओं से भारत का नाम रोशन करने वाले तीस प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जायेगा प्रवासी दिवस समारोह की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी निगाह रखे हुये हैं उन्होंने लगभग छह हजार प्रतिनिधियों के काशो प्रवास को यादगार बनाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये हैं इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिये प्रशासन ने तैयारियॉ पूरी कर ली हैं इस बारे में वाराणसी के ज़िलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने हमारे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी को बताया प्रवासी भारतीय दिवस कल शुरू हो रहा है और पिछले तीन दिन से ही प्रवासी भारतीय आ रहे हैं यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रवासी भारतीय समय से कई दिन पहले आ रहे हैं वह काशी और वाराणसी के जो आकर्षण हैं उसको देखने के लिये उसको महसूस करने के लिये आना शुरू कर दिये हैं पूरे शहर को सजाया गया है

एक तरीके से पूरी तरह हम लोग तैयार हैं पूरा शहर तैयार है पूरा एडमिनिट्रेशन तैयार है और लोगों का आवागमन कल से शुरू हो जायेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि अगले साल से देश के सभी स्कूलों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाया जायेगा वह पुणे में खेलो इंडिया के समापन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूलों में प्रतिदिन एक घंटा खेलों के लिये निर्धारित होगा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

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने के फसले को ऐतिहासिक करार दिया है श्री अठावले ने कहा कि पहले सामान्य श्रेणी के लोगों में आरक्षण न होने के कारण रोष था लेकिन अब इस श्रेणी के बड़ी संख्या में गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हये श्री अठावले ने कहा कि इस फसले को न्यायालय में चूनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद ने इस विधेयक को स्वीकृति दी है और उस राष्ट्रपति भी सहमति दे चुके हैं उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है और पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान इस दिशा में पेंशन सहित अन्य कई योजनाआ से उन्हें लाभ पहुंचाया गया है सपा बसपा गठबंधन की आलोचना करते हुये श्री अठावले ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वह पुनः सत्ता में आयेगी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कई बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकीं सुश्री मायावती का भाजपा को साम्प्रदायिक क़रार देना हास्यास्पद है श्री अठावले ने कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता भी इस गठबंधन से खश नहीं हैं पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुये उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को राज्य में दो तीन सीटें दे दी जायें तो इससे भाजपा को दलित वोटों का काफी लाभ मिलेगा प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा के अवसर पर कुंभ मेले का दूसरा मुख्य स्नान है इस पवित्र स्नान के लिये सुरक्षा सहित अन्य सभी तैयारिया को अंतिम रूप दे दिया गया है मेला प्रशासन ने आज सुबह से यातायात मार्ग में परिवर्तन किये हैं और सिर्फ़ आपात सेवाओं वाले वाहनों को ही मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है पौष पूर्णिमा को शुभ माना जाता है और इसके साथ ही कुंभ मेले में एक माह तक चलने वाले कल्पवास की शुरूआत होती है कल्पवास के दौरान लोग एक माह तक संगम के क़रीब छोटे छोटे टैंटों में रहते हैं और दिन में तीन बार स्नान करते हैं तथा दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं ऐसी मान्यता है कि पूरी श्रद्धा के साथ कल्पवास के नियम का पालन करने पर मस्तिष्क और आत्मा को शुद्धि मिलती है विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम के पहले शाही स्नान के दौरान मकर संक्रांति के दिन विभिन्न अखाड़ों के साधू संतों सहित लगभग सवा दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी इस विश्व स्तरीय आयोजन को दिव्य और भव्य रूप से मनाने के साथ साथ सरक्षित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये व्यापक बन्दोबस्त किये गये हैं इसी क्रम में स्नान के लिये इक्कीस घाट बनाये गये हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिये पहली बार तीन महिला पुलिस थाने स्थापित किये गये हैं इसके अलावा पैंतालीस पुलिस थानों और अट्ठावन पुलिस चौकियों सहित बीस हजार सुरक्षाकर्मी पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं श्रद्वालुओं के आवागमन के मद्देनज़र रेलवे ने एक हज़ार सात सौ ग्यारह विशेष ट्रेने चलाई हैं वहीं राज्य परिवहन निगम ने पांच सौ से ज्यादा शटल बसों सहित छह हजार बसें संचालित कर रखी हैं

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

केन्द्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री उमा भारती ने आज झांसी रेलवे स्टेशन पर आरक्षित लाउन्ज सब वे सहित कई रेल सुविधाओं का लोकार्पण किया इस अवसर पर सुश्री भारती ने कहा कि झांसी में इन सुविधाओं से आम यात्रियों को खासी राहत मिलेगी विशेष रूप से दिव्यांग और वृद्ध यात्रियों के लिये ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड पर्यटक सर्किट के डीपीआर का प्रारूप तैयार हो चुका है जिसमें बुंदेलखंड से संबंधित सभी पर्यटन केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध होगी